खरीफ उपज पंजीयन प्रदेश में खरीफ की उपज की समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए किसानों की पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ उपार्जन को लेकर कल अधिकारियों के साथ बैठक की

किसानों को अपनी फसलों को समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए साथ ही कोविड संकट के चलते खरीदी केन्द्रों पर सभी आवश्यक सावधानियां सुनिश्चित की जाएं

कॉटन के लिए पंजीयन का कार्य कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रारंभ कर दिया गया है

प्रधानमंत्री कोसी रेल महासेतु राष्ट्र को समर्पित करेंगे

प्रधानमंत्री सहरसा आदमपुर कुपाहा खंड पर सुपोल रेलवे स्टेशन से डेमू रेलगाड़ी भी रवाना करेंगे

राष्ट्रीय जनतांत्रित गंठबंधन में शामिल शिरोमणि अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल ने कल लोकसभा में यह जानकारी दी हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि किसानों को भ्रमित करने में बहुत सारी शक्तियां लगी हुई हैं मैं अपने किसान भाइयों और बहनों को आश्वस्त करता हूं कि किसानों की उपज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य और सरकारी खरीद की व्यवस्था बनी रहेगी ये विधेयक वास्तव में किसानों को कई और विकल्प प्रदान कर उन्हें सही मायने में सशक्त करने वाले हैं

जिला स्तरीय कार्यक्रम जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट के मुख्य आतिथ्य में सांवेर में आयोजित किया जाएगा

ईएसआईसी कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी ने कोरोना महामारी की वजह से बेरोजगार हए ईएसआईसी लाभार्थी सदस्यों को विस्तारित अटल बीमा कल्याण योजना के अंतर्गत आवेदन के लिए दिशा निर्देश जारी कर द दिए हैं

साथ ही दावों के संबंध में हलफनामा आधार कार्ड की फोटोकॉपी और बैंक खाता विवरण ईएसआईसी के शाखा कार्यालय पर डाक से खुद जाकर जमा किए जा सकते हैं

शिक्षा नीति उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा है कि नई शिक्षा नीति शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी साबित होगी कोशिश यह है कि इसी सत्र से नीति के अनुरूप शिक्षा में बदलाव किया जाए उच्च शिक्षा मंत्री श्री यादव कल गुना जिले के सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों की बैठक ली जिसमें उन्होंने उच्च शिक्षा की समीक्षा करते हुए नवाचार पर जोर दिया इस दौरान शिक्षा मंत्री का यादव समाज ने समारोह आयोजित कर सम्मान भी किया इस दौरान उन्होने समाजजनों को भरोसा दिलाया कि प्रदेश एवं केन्द्र की भाजपा सरकार हर वर्ग की चिंता कर रही है और इससे यादव समाज भी अछूता नहीं है सम्मान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभूराम चौधरी ने कल साँची रायसेन और गैरतगंज में मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया इस मौके पर आयोजित समारोह में उन्होंने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं और उनके उज्जवल भविष्य के लिए बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए डॉक्टर चौधरी ने कहा कि हमारे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नेतृत्व में प्रदेश सरकार निरंतर काम कर रही है

ये मैच दुबई अबु धाबी और शारजाह में खेले जाएंगे

सभी मैच भारतीय समय अनुसार शाम साढ़े सात बर्जे से शुरू होंगे

यह तीनों मैदान में सबसे ज्यादा है